पहले घंटे में और्सतन तीन दशमलव आठ छह प्रतिशत मतदान

मतदान केन्द्रों पर देखी जा रही है लंबी कतारें

और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी

प्रदेश के पांच लोकसभा क्षेत्रों सीतामढ़ी मध्ुबनी मुजफ्फरपुर हाजीपुर और सारण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक मतदान जारी है इस चरण में सत्तासी लाख से अधिक मतदाता छह महिलाओं समेत बयासी प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे पहले घंटे के बाद औसतन तीन दशमलव आठ छह प्रतिशत मतदान हुआ है पहले घंटे में सबसे अधिक पांच प्रतिशत वोटिंग सीतामढ़ी में दर्ज की गयी हाजीपुर और सारण में चार प्रतिशत मतदान की खबर है वहीं सुबह आठ बजे तक मुजफ्फरपुर में साढे तीन प्रतिशत और मधुबनी में ढ़ाई प्रतिशत वोट पड़े हैं हमारे संवाददाताओं ने बताया कि मतदान केन्द्रों पर सुबह से ही युवा महिला बुज़ुर्ग और दिव्यांग सहित अन्य मतदाताओं की लम्बी कतार देखी जा रही है मध्रबनी से हमारे संवाददाता अमर नाथ आनंद ने बताया कि मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह है

सभी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी अपनी भागीदारी निभाने के लिए आना शुरू कर दिया है पहली बार वोट डालने आये मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है

बूथ नम्बर मेरा अठहत्तर है मैं लोकतंत्र में जो मजबूत लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाने के लिए आज मतदान करने पहुंचा हुँ भारत का विकास हो भारत की गरिमा है वह बरकरार रहे को देखते हुये वोट करूंगा जिससे की क्षेत्र का विकास हो सके

हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं पहली बार वोट गिराने आया हुँ और मैं ऐसा नेता चुनूंगा जो मेरे देश और राज्य के प्रति विकास सोचे और संसद भवन में आवाज उठाये मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के एक बूथ पर मतदान करने आयी वोटर ने अपना अनुभव साझा करते हुये बताया बाईट मेरा नाम सोनाली है मैं मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के पताही हाई स्कूल के बूथ पर वोट गिराने आई हुँ मैं बहुत खुश हुँ कि पहली बार मुझे वोट करने का मौका मिल रहा है मैं बहुत प्राउड फील कर रही हुँ कि पहली बार वोट करने आई हुँ मैं ऐसे नेता के पक्ष में वोट करूंगी जो हमारे जिला राज्य और देश के विकास के लिए संसद में आवाज उठाये स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं मतदान प्रक्रिया शाम छह बजे तक चलेगी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि चार हजार तीन सौ उनचास माइक्रो ऑब्जर्वर को तैनात किया गया है पैंसठ हजार से अधिक चुनावकर्मियों को चुनाव कार्य के सुचारू संचालन के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है उन्होंने बताया कि भयमुक्त चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये है बिहार सैन्य पुलिस बल केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल जिला सशस्त्र बल और बिहार गृह रक्षावाहिनी के जवानों को सभी संसदीय क्षेत्रों में तैनात किया गया है वहीं चार सौ स्थानों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गयी है श्री सिंह ने बताया कि वैशाली और सारण के दियारा इलाके में घुड़सवार दस्तों और नाव से गश्त की जा रही है सुरक्षा के मद्देनजर सीतामढ़ी और मधुबनी में नेपाल से लगने वाली सीमा को सील कर दिया गया है इधर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया है कि इस संसदीय सीट पर सात सौ नौ बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है जहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गयी है सीतामढ़ी जिले में क़ल सत्रह आदर्श मतदान केन्द्र बनाये गये हैं जहां केवल महिला चुनाव कर्मचारियों को तैनात किया गया है वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है निर्वाचन आयोग ने पटना में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है लोग नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ या फैक्स नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक पांच छह एक एक पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं इसके अलावा ई मेल आईडी सीईओ बिहार एट जीमेल डॉट कॉम पर भी शिकायतें भेजी जा सकती हैं आज जिन राजनीतिक दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी लोजपा के पशुपति कुमार पारस राजद के चंद्रिका राय और कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याशी शकील अहमद शामिल हैं इसके अलावा राजद के अर्जुन राय जदयू के सुनील कुमार पिंटू राजद के शिवचंद्र राम भाजपा के अजय निषाद और विकासशील इंसान पार्टी के राजभूषण चौधरी भी अपनी किस्मत आजमा रहें हैं मूंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय के घोंघसा मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र संख्या तीन सौ उनतालीस और तीन सौ चालीस पर आज पुनर्मतदान हो रहा है चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की शिकायत सही पाये जाने के बाद इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया यहां चौथे चरण में उनतीस अप्रैल को मतदान हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के पांचवां चरण में लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है एक ट्वीट में श्री मोदी ने आशा जतायी है कि पांचवां चरण में बड़ी संख्या में लोग मतदान में भाग लेकर पिछले चार चरणों के मतदान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे उन्होंने विशेष रूप से युवा मतदाताओं से मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डालने की अपील की मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान में भाग लेकर देश में लोकतंत्र के आधार को और मजबूत तथा मुखर बनाने की अपील की है प्रदेश में छठे और सातवें चरण में होने वाले चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का चूनाव प्रचार चरम पर है कई दिग्गज नेताओं और स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज शिवहर बेतिया सीवान और महराजगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मूख्यमंत्री नीतीश कृमार आज वाल्मिकीनगर के मैनाटांड और गोपालगंज के महमूदपूर में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे इधर पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी रामुपाल यादव और राजद प्रत्याशी मीसा भारती भी लगातार जन सम्पर्क अभियान चला रही हैं वाल्मिकीनगर संसदीय क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी दीपक यादव की गाड़ी से दो लाख रूपये बरामद किये गये हैं बरामद राशि में बीस बीस हजार रूपये के दस बंडल मिले हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है हाजीपूर संसदीय क्षेत्र में हो रहे मतदान के मददेनजर वैशाली जिला प्रशासन ने आज शाम पांच बजे तक पीपापुल को बंद रखने का निर्णय लिया है जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार आज सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक पटना स्थित गायघाट पीपापुल से वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा

रमजान का पहला रोजा कल मंगलवार से शुरू होगा पवित्र महीना रमजान का चांद कल नहीं देखा गया पटना समेत देश के किसी भी क्षेत्र से चांद देखे जाने की सूचना नहीं मिली इसकी प्रष्टि ईमारत शरिया फुलवारीशरीफ और खानकाह मुजीबिया ने की है कुछ दिनों की मामूली राहत के बाद प्रदेश में फिर से पारा चढ़ने लगा है भीषण गर्मी और गर्म हवा चलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पटना और आस पास के इलाकों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान सात डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में बढ़ोतरी हुई है पटना और गया का अधिकतम तापमान इकतालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर बने रहने की सम्भावना है बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में आगामी नौ जून को देश के चूने हुये हिन्दी सेवी विद्वानों को साहित्य सम्मेलन शताब्दी सम्मान से विभूषित किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचारों पत्रों ने लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के मतदान से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर का शीर्षक है पांचवां फेज बिहार समेत सात राज्यों की इक्यावन सीटों पर आज वोटिंग आज सबसे ज्यादा भाजपा की उनचालीस सीटों पर दांव कांग्रेस के सिर्फ दो दैनिक जागरण की सुर्खी है नहीं दिखा चांद अब मंगलवार को रमजान का पहला रोजा

पहले घंटे में औसतन तीन दशमलव आठ छह प्रतिशत मतदान

मतदान केन्द्रों पर देखी जा रही है लंबी कतारें

और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी